पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला आज भी जारी रहा

बाकी सभी पार्टियों को कल सुबह मतदेय स्थलों के लिए भेजा जाएगा

चुनाव प्रचार थमा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम पांच बजे थम गया

प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश की है हालांकि कल खराब मौसम का चुनाव प्रचार की रफ्तार पर असर पड़ा मौसम विभाग के मुताबिक मतदान के दिन भी मौसम का मिजाज बदल सकता है उस दिन पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है जिससे मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है सौजन्या चुनाव आयोग ने प्रदेश में परसों होने वाले लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है

निर्वाचन आयोग की तरफ से दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इतजाम किये गए हैं

राज्य पुलिस के महानिदेशक कानून और व्यवस्था ैअशोक कुमार ने देहरादून में यह जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तैयारियां द्रुस्त हैं

साथ ही पहाड़ों में रेवेन्यू पुलिस की भी तैनाती की गई है अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड शांतिप्रिय प्रदेश है लेकिन इसकी सीमा एक तरफ नेपाल से और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है इस लिहाज से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं उन्होंने बताया कि हालांकि हरिद्दार और उधमसिंह नगर को संवेदनशील माना गया है फिर भी वहां चुनाव सामान्य तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न किया जाएगा उन्होंने बताया कि पहाड़ में किसी भी आपदा के मद्देनजर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है फ्लैग मार्च हरिद्वार में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है इसके तहत पुलिस ने हरिद्वार के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला एएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में मतदान के दौरान सुरक्षा की भावना जागृत करना है ताकि लोग निर्भीक होकर योट डाल सकें जागरूकता अभियान स्वीप रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में आज स्वीप टीम ने भव्य रंग यात्रा का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया रंग यात्रा में पारपरिक वेशभूषा में सजे स्कूली छात्र छात्राओं और मतदाताओं ने भाग लिया

उत्तरकाशी में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

राज्यपाल दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने इंजीनयरी और शिक्षा का मानव समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए उपयोग करने पर बल दिया है वे आज रूड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बोल रही थीं उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसे कई महान वैज्ञानिक इंजीनियर और शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने अपनी भलाई से पहले समाज और राष्ट्र की भलाई को आगे रखा राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग उत्तराखंड की समस्याओं को दूर करने में भी करें महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि कॉलेज से लेकर कंपनियों और दफ्तरों में हर जगह महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए

क्छ द्रस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को कल और क्छ को आज रवाना किया गया बाकी सभी पोलिंग पार्टियों को कल उनके मतदेय स्थलों के लिए रवाना किया जाएगा गढ़वाल के पौड़ी और कोटद्वार से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं

इस दौरान बौराड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने जोनल और सैक्टर मजिस्ट्रेटों को जरूरी दिशा निर्देश दिये

इनमें थराली विधानसभा क्षेत्र की पांच और बद्रीनाथ विधानसभा की आठ पार्टियां शामिल हैं बाकी सभी मतदेय स्थलों के लिए कल पोलिंग पार्टियां भेजी जाएंगी

इस बार बोरबलड़ा और कुंवारी पोलिंग बूथ के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है

बाकी अन्य जिलों से भी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुईं इस बार मतदान पार्टियों और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों की जीपीएस ट्रैकिंग भी कराई जा रही हैं जिन पोलिंग ब्रथों पर संचार व्यवस्था नहीं हैं वहां पर सूचना के लिए दूरस्थ पार्टियों को सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट उपलब्ध कराये गये हैं

यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट और अन्य सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होगा

मनोज तिवारी भाजपा नेता और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने देहराद्न में एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर तीखे प्रहार किये

श्री तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के प्रति अपनी जवाबदारी कभी समझी ही नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में देश के पैसे की लूट पर लगाम लगी है बेईमान देश छोड़ रहे हैं इस दौरान उन्होंने अपनी गायकी के जरिए जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की कांग्रेस बयान प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है पार्टी राज्य की सभी पांचों सीटों पर जीत हासिल करेगी उन्होंने भाजपा पर बेरोजगार युवाओं को दिये गए रोजगार के वादे को पूरा न करने समेत कई आरोप लगाये वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने उत्तराखण्ड के लिए निष्पक्षता से प्रत्याशियों का चयन किया है और सभी उम्मीदवार भाजपा की तुलना में सक्षम और अनुभवी हैं